बंद का विभिन्न समाजों के लोगों ने समर्थन किया है प्रदेश में भी अधिकतर स्थानों पर स्वेच्छा से बाजार बंद रखे गये है बंद शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित किया जा रहा है

बंद को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध किये है विभिन्न स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है वहीं प्रदेश में कई निजी स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है

विपक्ष ने सदन द्वारा प्रश्नकाल में स्थगित किये गये प्रश्नों को लेकर हंगामा किया

कल शाम नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत ओवरड्राफ्ट की सुविधा दोग्नी करते हुए पांच हजार रुपये से बढ़ाकर दस हजार रुपये कर दी गई है

नये रू पे कार्ड धारकों के लिए दूर्घटना बीमा कवर एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दिया गया है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया इन योजनाओं में केन्द्र की बाघ योजना वन्य जीव प्राकृतिक आश्रय योजना और हाथी योजना शामिल हैं

बाद में उनका पूगल और लूणकरनसर में आमसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम है

कारागृह महानिरीक्षक ने बताया कि जेल में कैदियों द्वारा मोबाइल के इस्तेमाल की शिकायतों के बाद अधिकारियों के साथ मिलकर एक तलाशी अभियान चलाया गया था इस अभियान के दौरान ये मोबाइल और सिम बरामद किये गये उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और जिन अपराधियों से मोबाइल बरामद किए गए है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी

पुलिस महानिरीक्षक ने बताया कि ये तीनों आरोपी बाड़मेर और जालौर जिले के है पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर संबंधित थानों की पुलिस को जानकारी दे दी है

शिक्षा और पुस्तकालय विभाग के प्रमुख शासन सचिव नरेश पाल गंगवार ने बताया कि हर साल हिन्दी दिवस के अवसर पर भाषा और पुस्तकालय विभाग द्वारा राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन जयपुर में किया जाता है

शाही रेलगाड़ी के महाप्रबंधक ने बताया कि यह ट्रेन नई दिल्ली से जयपुर सवाईमाघोपुर वित्तौड़गढ उदयपुर जैसलमेर जोधपुर भरतपुर और आगरा होते हुए वापस नई दिल्ली पहुचेगी